रोहतांग में कल अटल टनल का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि सडकों पुलों इमारतों और सुरंगों का निर्माण बडे पैमाने पर किया जा रहा है तथा सीमावर्ती ब्र्नियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि अटल टनल के लोकार्पण से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना साकार हुआ है उन्होंने कहा कि अब लाहौल घाटी में पर्यटन कृषि और बागवानी गतिविधियों को एक नई दिशा मिलेगी जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सामरिक व आर्थिक द्रष्टि से महत्वपूर्ण अटल टनल रोहतांग के लोकार्पण पर खुशी जताई है

प्राकृतिक खेती कृषि मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि लाहौल स्पीति प्रदेश का पहला शत प्रतिशत प्राकृतिक खेती आधारित ज़िला बनेगा एक बयान में उन्होंने कहा कि ज़िले के अधिकतर किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है और कृषि विभाग उनका भरपूर सहयोग कर रहा है वीरेन्द्र कवर के अनुसार लाहौल स्पीति को पूरी तरह प्राकृतिक खेती के दायरे में लाने का लक्ष्य जल्द पूरा किया जाएगा

शिक्षक दिवस विश्व शिक्षक दिवस पर कल राज्य अतिथिगृह पीटरहॉफ में राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार समारोह आायेजित किया जाएगा

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के दृष्टिगत पांच सितंबर को शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया था

इन पंचायतों और निकायों की मतदाता सूचियां पांच दिसबर तक तैयार कर ली जाएंगी राज्य चुनाव आयोग के चुनाव अधिकारी संजीव महाजन ने बताया कि मतदाता सूचियों को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है

अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल ने आम लोगों व पर्यटकों से अपील की कि इस दौरान ब्यास नदी में जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए एहतियात बरते और नदी के किनारे न जाएं अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री द्वारा अटल टनल रोहतांग के लोकार्पण से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है अमर उजाला प्रधानमंत्री के हवाले से लिखता है राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी से लटकाए जाते रहे देश के कई बड़े प्रोजैक्ट अब ऐसा नहीं होगा दैनिक जागरण की सुर्खी है कांग्रेस ने रक्षा हितों से किया समझौता पंजाब केसरी के शब्द हैं यूपीए के समय देश की रक्षा से समझौता हुआ अटल टनल नई सुबह शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखता है पीएम मोदी ने देश को समर्पित की अटल टनल अजीत समाचार के अनुसार देश हित व राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि हिमाचल दस्तक का शीर्षक है फार्मर से फंट तक सब निपटा गए मोदी दैनिक भास्कर के शब्द हैं हिमाचल को मिली अटल पहचान